उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को राज्य में सूखा प्रभावित दो सौ पचहत्तर प्रखंडों में जन धन योजना के खाता धारकों को दस हजार रूपये तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश किया है श्री मोदी ने आज पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी की छियासठवीं बैठक में कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन धन योजना के तीन करोड़ साठ लाख खाता धारकों ने बैंकों में लगभग पौने सात हजार करोड़ रूपये जमा करवाये हैं उपमुख्यमंत्री ने बैंकों से कल्याणकारी योजनाओं कृषि ऋण और किसान क्रोडिट कार्ड योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन करने को कहा बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में बैंकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अलग निदेशालय का गठन किया जायेगा जो मुख्य रूप से ऋण वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेगा मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में पुलिस ने आज जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत शंकरपुर से एक तस्कर को चार सौ अड़तीस कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि बरामद कारतूस पिस्तौल के हैं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर इस मामले में पहले से गिरफ्तार मंजर आलम का भांजा है रोहतास पूलिस ने नक्सलियों की कैद से भागने की साजिश को नाकाम कर दिया है पूलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि सासाराम जेल से डेहरी कोर्ट में पेशी के लिए जाने वाले तीन नक्सलियों ने भागने की साजिश रची थी इसकी सूचना समय पर मिल जाने के कारण नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया श्री सिंह ने बताया कि नक्सलियों ने कैदी वाहन के फर्श को केमिकल डालकर गला दिया था पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने कूख्यात नक्सली अनिल राम और मुसाफिर सहनी की सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है इन दोनों नक्सलियों की वैशाली और मुजफ्फरपुर स्थित पचास लाख रूपये मूल्य से अधिक की चल अचल सम्पत्तियां जब्त की गयी हैं ये कार्रवाई मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत की गयी है आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा की आज बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित कोर्ट में पेशी हुई बाद में दोनों को जेल भेज दिया गय मामले की अगली सुनवाई तेरह दिसम्बर को होगी पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंजू वर्मा ने कहा आरोप लगया कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपात मोबाइल एप के तहत समूचे देश के लिए एक ही नम्बर एक एक दो की घोषणा की है उन्होंने कहा कि इस पर महिलाओं के लिए एक विशेष फीचर होगा जिससे उन्हें तुरंत पुलिस और स्वयंसेवियों से मदद मिल सकेगी भाजपा की ओर से आज पटना में आयोजित बेटी सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सोलह बेटियों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि केन्द्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है समारोह को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया शिक्षा विभाग ने पूर्णियां जिले में पदस्थापित एक सौ चौहत्तर फर्जी शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि बनमनखी प्रखंड के एक सौ इक्कीस और रूपौली प्रखंड के तिरपन शिक्षकों के यह खिलाफ कार्रवाई की गयी है उन्होंने बताया कि निगरानी की जांच में पाया गया कि ये शिक्षक गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त हये थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि चार दिसम्बर से वाल्मिकीनगर में पार्टी के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात पर विचार किया जायेगा कि एनडीए में रहना है या नहीं श्री क्शवाहा ने कहा कि इस मुददे पर पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श कर आम सहमति से कोई फैसला किया जायेगा इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक बार फिर दोहराया है कि एनडीए पूरी तरह एकजूट है और लोकसभा चूनाव के लिए सीट बंटवारे के मुददे पर सभी दलों की सहमति से ही अंतिम फैसला किया जायेगा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों से सशस्त्र बल सप्ताह दो हजार अठारह में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है यह सप्ताह आज से शुरू हुआ जो सात दिसम्बर तक मनाया जायेगा एक वीडियो संदेश में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत हर वर्ष सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाता है और इस वर्ष सत्तरवां झंडा दिवस होगा वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने इस अवसर पर लोगों से बढ़ चढ़कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया एचआईवी से लड़ने और इसके प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ आज देशभर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया इस अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया गया आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले सात वर्षो के दौरान एचआईवी के मरीजों की संख्या में सोलह प्रतिशत की कमी हयी है वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी संख्या में सत्ताईस प्रतिशत तक की कमी आयी है इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दो हजार तीस तक देश में एड्स को समाप्त कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं प्रदेश की आशा कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गयी हैं आशा कर्मियों के संगठन ने कहा है कि जब तक मासिक मानदेय बढ़ाने पर सरकार गम्भीरता से विचार नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है पूलिस ने मोतिहारी में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नेता हत्याकांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इन दोनों से प्रछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया पूर्व मध्य रेलवे के गया डेहरी ऑन सोन रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण डेहरी से गया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या पांच तीन तीन छह तीन का परिचालन कल रद्द कर दिया गया है वापसी में भी यह ट्रेन रद्द रहेगी वहीं डेहरी ऑन सोन से बरकाकाना जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से खुलेगी जबकि डेहरी ऑन सोन से गया जाने वाली ट्रेन संख्या छह तीन दो नौ शून्य अपने नियत समय से पैंतालीस मिनट की देरी से खुलेगी इधर पूर्व मध्य रेलवे ने जमालपुर से सहरसा के बीच चलने वाली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को अगले साल फरवरी महीने तक विस्तारित कर दिया है भागलपूर अरवल बेगूसरा और खगड़िया जिले में अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये वैशाली जिले के लालगंज थानाध्यक्ष और भगवानपुर थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है खगड़िया जिले के गोगरी से पूलिस ने कूख्यात अपराधी प्रकाश मूनि को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी भागलपूर के जिलाधिकारी प्रणव क्मार ने कहा है कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से जल्द ही भागलपुर से विमान सेवा की शुरूआत की जायेगी अरवल जिले के कलेर प्रखंड के बेलाँव गांव में आज किसान चौपाल का आयोजन किया गया चौपाल में किसानों को जैविक खेती और औषधीय पेड़ पौधों की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी